कृपा फाउंडेशन एक गैर सरकारी संगठन है जो नशीली पदार्थों के चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय से एफिलिएटेड है ग्वाहाटी कोहिमा और शिलॉग में इनके केंद्र है उनके रिपोर्ट के अन्सार नियमित आधार पर प्रदेश के एडिकटेड य्वा चिकित्सा और प्नर्वास के लिए कोहिमा और शिलॉग केंद्रों में आते है बैठक में विचार विमर्श के बाद प्रदेश में प्नर्वास केंद्र की स्थापना के लिए निर्णय लिया गया और नामसाई स्थिति नशाम्क्ति केंद्र को पूर्ण विकसित प्नर्वास केंद्र के तौर पर विकसित करने का भी निर्णय लिया गया

वहीं सोलह से उन्नीस फरवरी की स्बह आठ बजे से शाम के साढ़े चार बजे तक द्रसरी चरण का शट डाउन लागू होगा लेपारादा लोअर सियांग वेस्ट सियांग शी योमी सियांग ईस्ट सियांग लोअर दिबांग वैली नामसाई लोहित और चांगलांग जिले के क्छ भागों में दिन के वक्त इस शट डाउन का असर रहेगा

उन्होंने अधिकारियों से परियोजना कार्य के संय्क्त निरीक्षण की रिपोर्ट मासिक आधार पर देने को कहा मियाओ विजोयनगर सड़क परियोजना को जल्द पूरा करने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना में विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा श्री खाण्ड् ने निर्माणाधीन होलोंगी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पांच एकलव्य विद्यालय की स्थापना जिला अस्पतालों के अपग्रेडेशन तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान की जरुरतों जल जीवन मिशन परश्राम क्ंड के विकास विभिन्न सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस स्थापित करने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण सहित राज्य की प्रम्ख विकास परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी दी म्ख्यमंत्री ने संबंधित जिले के उपाय्क्तों से विकास परियोजनाओं का नियमित निगरानी करने को कहा राज्य सरकार की क्लस्टर फर्मिंग योजना की प्रगति की जानकारी लेते हुए श्री खाण्ड्र ने फील्ड अधिकारियों से इसे लागू करने में सुधार पर सुझाव मांगा

डी जी पी ने ट्वीट के जरिए कहा की तवांग पासीघाट सेप्पा और राजधानी ईटानगर के बाद यह पांचवा महिला प्लिस स्टेशन है उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्लिस के लिए महिलाओं और बच्चों की स्रक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इधर म्ख्य मंत्री पेमा खाण्ड् ने पांचवे महिला प्लिस स्टेशन के उद्घाटन पर ट्वीट कर अपनी ख्शी जाहिर की

जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार बारह सौ बयासी हेल्थ केयर वर्कर्स में से अभी तक नौ सौ अस्सी को कोविड का टीका लगाया जा च्का है बाकी बचे हेल्थ केयर वर्कर्स में गर्भवती महिलाएं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त कर्मी है कल राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर चार रह गई है और रिकवरी दर बढकर निन्यानबे दशमलव छह चार प्रतिशत हो गई है कल राज्य में कोविड का एक रोगी स्वस्थ हुए और एक भी नया मामला सामने नहीं आया राज्य भर में कोविड जांच के लिए मंगलवार को पांच सौ तिरानबे सैंपल एकत्र किए गए

विश्व स्वास्थ्य संगठन के दल का नेतृत्व कर रहे पीटर बैन एम्बारेक ने प्रेस को अपने आकलन की जानकारी देते हए कहा कि श्रूआती जांच से यह पता चल रहा है कि मानव शरीर के अंदर कोरोना संक्रमण किसी रोगाण्वाहक प्रजाति के माध्यम से ही फैलने की सम्भावना दिख रही है और इसके लिए और अधिक लक्षित अन्संधान और अध्ययन करने की जरूरत है व्हान में लगभग एक महीने तक दौरे का समापन करते हए विशेषज्ञ दल ने कहा कि उसकी जांच में नए तथ्यों का पता चला है लेकिन इससे कोरोना प्रकोप फैलने के बारे में कोई बह्त बड़ा बदलाव नही आया है